वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा जीएसटी लागू होने के बाद से देश और राज्यों की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत

मौसम पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र में अतिवृष्टि होने के कारण आम जन जीवन प्रभावित हुआ है हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि मुनस्यारी विकास खण्ड के बंगापानी क्षेत्र में कल रात बादल फटने से पिथौरागढ़ मुनस्यारी को जोड़ने वाला बंगापानी पुल बह गया है जबकि कई घरों में मलवा घूसने के भी समाचार हैं बादल फटने से किसी प्रकार की जनहानि नही हुई है और गांवों को मुख्यालय से जोड़ने वाले कई संपर्क मार्ग बाधित हैं बारिश के कारण प्रदेश की मुख्य नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है

कुमांऊ मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक टी एस मर्तोलिया ने बताया कि कल अगर मौसम साफ हुआ तो श्रद्धालुओं को गुंजी पहुंचाया जायेगा उधर ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग ओजरी के पास भूस्खलन के चलते बार बार यातायात के लिए बाधित हो रहा है मौसम जारी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो रही है चमोली पिथौरागढ़ देहरादून उत्तरकाशी पौड़ी चम्पावत और अल्मोड़ा से आज दोपहर के बाद से रूक रूककर बारिश होने के समाचार मिले हैं

विभाग ने तीन जुलाई को उत्तराखण्ड में कहीं कहीं विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है मौसम विभाग ने सलाह दी है कि तीर्थयात्री यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखें मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए राज्य आपदा परिचालन केंद्र के अनुसचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सर्तक रहने के निर्देश दिए हैं और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्यवाही करने को कहा है उधर चम्पावत जिला प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिले की सभी विद्यालयों और आगनबाड़ी केंद्रों में कल छ्ट्टी की घोषणा की है चारधाम यात्रा चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इन दिनों गिरावट दर्ज की गई है

श्रद्धालुओं की संख्या में आई इस कमी का मुख्य कारण बरसात का मौसम और छुट्टियां बताई जा रही है बरसात के मौसम के दौरान चारधाम यात्रा मार्ग पर आए दिन भुस्खलन की घटनाए होती रहती हैं और चारधाम के लिए प्रतिकल मौसम भी कठनाईयां पैदा करता है हालांकि मौसम ठीक होने के बाद सितंबर अक्टूबर में श्रद्दालु चारधाम यात्रा पर उत्साह के साथ पहंचते हैं

संगठन ने सड़कों पर रेलिंग लगाने पहाड़ी क्षेत्रों के ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग लाईसेंस और वाहनों के लिए कड़े फिटनेस नियम बनाने पर जोर दिया

इस सप्ताह में जिले के सभी हिस्सों में पौधरोपण किए जाने का निर्णय लिया गया है जिलाधिकारी दीपक रावत ने नगर निगम नगर पालिकाओं नगर पंचायतों और हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण को लक्ष्य देते हुए पौधों की व्यवस्था कर पौधरोपण करने के निर्देश दिये हैं साथ ही उन्होंने जिले में स्थापित विभिन्न व्यवसायों को भी सवा लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है

इस हर्बल गार्डन में उगाये गये पौधे और औषधीय बीज को आम जनता खरीद सकती है चमोली के पुलिस अधीक्षक ने ये पहल की है इस हर्बल गार्डन में रोज़मेरी श्यामा तुलसी रामा तुलसी कासनी अजवाइन पत्ता अकरकरा पुदीना इसबगोल जैसे हर्बल औषधीय बीज और पौधे उपलब्ध हैं जीएसटी वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद से देश और राज्यो की आर्थिक स्थिति मजबूत हई है

श्री पन्त ने कहा कि सरकार ने पर्यटन को उद्योग से जोड़ा है उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में राज्य विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास करेगा

बंध्याकरण प्रदेश के वन मंत्री डॉ हरक सिह रावत ने आज रानीबाग में वनविभाग द्वारा पचास लाख रुपए की लागत से निर्मित बन्दर बंध्याकरण सेन्टर का उद्घाटन किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बन्दरों की बढती संख्या से प्रदेश के किसानों की खेती पर विपरीत प्रभाव पड़ा है उन्होंने कहा कि बन्दरो की संख्या नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार ने गढवाल मण्डल में चिडियापुर और कुमाऊं के रानीबाग मे बंदर बंध्याकरण केन्द्र खोले है जहां वन विभाग द्वारा पिजरे लगाकर बन्दरो को पकडा जा रहा है और बाध्यिकरण केन्द्रो पर उनका लेजर विधि से बंध्याकरण किया जा रहा है उन्होने कहा कि प्रदेश के अन्य जलों में भी इन केन्द्रो को खोले जाने की योजना है पुरस्कार अल्मोड़ा की हेमलता भट्ट को इस वर्ष का तीलू रौतेली पुरस्कार देने की घोषणा की गई है ये पुरस्कार बाल विकास और सामाजिक कार्यो की दिशा में उल्लेखनीय योगदान करने वाली महिलाओं को हर वर्ष दिया जाता है श्रीमती हेमलता इस समय जिला चिकित्सालय में राज्य एडस नियंत्रण समिति में कार्य कर रही हैं उनका कहना है कि वो बाल विकास और स्वास्थ्य पर लंबे समय से कार्य कर रही है पब्लिक स्पीक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है बारिश के मौसम में स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा कार्यक्रम दूरदर्शन के डीटीएच डीडी डायरेक्ट प्लस पर भी उपलब्ध रहेगा

एसडीआरएफ आईटीबीपी पुलिस फोर्स और राजस्व विभाग की टीम दोनों व्यक्तियों को ढूंढ़ने के प्रयास कर रही है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज जनता सुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें शासन के अधिकारियों ने आम जनता की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण किया आज देहरादून की नेहरू कॉलोनी में स्कूली बच्चों को ले जाती एक स्कूल वैन में आग लग गई हादसे में किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून में आज भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा हालांकि बारिश के कारण कई बार कर्मचारियों को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम रोकना पड़ा